इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या पहचकर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया

इसके बाद मुख्यमंत्री श्रीराम जन्मभूमि परिसर गये जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किये

अयोध्या में पांच अगस्त को होने वाले श्रीराम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नृत्यगोपाल दास और संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत आसीन होंगे

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चम्पत राय ने आज अयोध्या में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी

इसके साथ ही बाबरी मस्जिद रामजन्मभूमि मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी और पद्म श्री मोहम्मद शरीफ को भी न्यौता दिया गया है चंपत राय ने बताया कि निमंत्रण पत्र पर सिक्योरिटी कोड है यह कोड एक बार ही काम करेगा निमंत्रण पत्र अहस्तांतरणीय है आमंत्रित लोगों को पहचान पत्र रखना आवश्यक होगा और पुलिस के मांगने पर उसे दिखाना होगा किसी भी प्रकार का वाहन पास जारी नहीं किया गया है उन्होंने बताया कि कार्यकम में मोबाइल और इलेक्ट्रानिक उपकरण की अनुमति नहीं होगी

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने सभी से आग्रह किया कि लोग घर पर भूमि पूजन का लाइव प्रसारण को देखें और सूर्य ढलते ही दीप प्रज्वलित करके अपनी भावना प्रकट करें उन्हाने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री के भूमि पूजन का कार्यक्रम लगभग ढ़ाई घंटे तक चलेगा जिसमें सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए भागीदारों की संख्या बहुत कम कर दी गई है और भूमि पूजन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए तीन दिवसीय अनुष्ठान आज प्रातः गौरी गणेश के पूजन से शुरू हो गया पूजन काशी और अयोध्या के नव प्रकांड पुरोहित करा रहे हैं अनुष्ठान के पहले चरण में भगवान श्री राम लला के कुल देवी बड़ी देवकाली व माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली मंदिर में पूजन अर्चन कर राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री रामलला के जन्म स्थान पर गौरी गणेश की पूजा की गई इसी के साथ अयोध्या के मंदिरों और घरों में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हवन पूजन और रामायण पाठ के साथ ही भजन कीर्तन का दौर भी शुरू हो गया है

इससे पहले सुबह से वेदी पूजा होगी जो कि प्रधानमंत्री के भूमि पूजन प्रारंभ करने से पूर्व तक जारी रहेगी

इस बीच सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मिट्टी तथा देश की पवित्र नदियों के जल अयोध्या पहुंच रहे हैं भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का होना सभी भारतवासियों के लिए एक गर्व का क्षण है

उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों से इस अवसर को एक उत्सव के रूप में मनाएं

मैं अपील करूंगा कि लोग अपने घरो पे पर्व के रूप में लें लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे लोग अपने घरों में उस उल्लास और उमंग को अपने तरीके से इस अनुष्ठान करें जिससे कि पूरी दुनियां में एक सन्देश जाये कि आज भारत में अगर मर्यादा पुरूषोत्तम राम के उस जन्मभूमि पे शिलान्यास हो रहा है भूपूजन हो रहा है तो एक विश्व में एक महज शांति का सन्देश जा रहा है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

केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टेबलेट अपने साथ रखने की अनुमति देने को कहा है कोविड रोगी वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फान की अनुमति नहीं दे रहा है इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा उन्होंने कहा कि उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने और रोगियों की परिजनों की बातचीत के लिए समय तय करने के बारे में अस्पताल प्रोटोकॉल बना सकते हैं

कोरोना से मृत्युदर घटकर दो दशमलव एक एक प्रतिशत रह गई है भाई और बहन के प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में परंपरिक भावना के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर बहनों ने अपने भाईयों को राखी बांधकर उनकी संपन्नता अच्छे स्वास्थ्य तथा भलाई की कामना की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा बंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है आज सावन का अंतिम सोमवार भी है वाराणसी के काशी विश्वनाथ सहित अन्य शिव मन्दिरों में श्रद्वालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत भाषा के संवर्धन और अध्ययन अध्यापन में लगे सभी लोगों को बधाई दी है श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत सुन्दर भाषा है जिसने कई वर्षों तक भारत का ज्ञान भंडार बनाए रखा

इस अवसर पर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने देशवासियों को बधाई दी हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री अनिल राजभर ने प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान मं सभी तटबंध सुरक्षित है बाढ़ के संबंध में निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है कहीं भी किसी प्रकार की चिंताजनक परिस्थिति नहीं है उन्होंने आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि शारदा नदी पलिया कला लखीमपुरखीरी सरयू नदी तूर्तीपार बलिया राप्ती नदी बर्डघाट गोरखपूर व राप्ती बैराज श्रावस्ती सरयू घाघरा नदी एल्गिनब्रिज बाराबंकी और अयोध्या में अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है